इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया सहित राज्य के सभी विधायक मौजूद हैं अपने सम्बोधन में श्री मुखर्जी ने सभी सदस्यों का आभार जताया और देश में स्वतंत्रता से लेकर अब तक संसदीय लोकतंत्र जितने पड़ावों से गुजरा है उसका जिक्र किया उन्होंने कहा कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र ने कई पड़ाव देखें हैं और यह निरंतर परिपक्व होता जा रहा है उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक समय ऐसा भी रहा जब केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार रही

इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में पहली बार कॉमनवेल्थ पार्लियामेन्ट्री ऐसोसिएशन सीपीए की सेमीनार आयोजित की जा रही है ये ख्शी की बात है

सेमीनार में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है आज उनके अनुभवों से हमें बहत कुछ सीखने को मिलेगा इस मौके पर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि सीपीए की बैठक से विधायकों को संसदीय कार्यों की अधिक जानकारी हो सकेगी

उन्होंने कहा कि इस पहल से करोड़ों रुपये की बचत होगी शून्यकाल के दौरान कई सदस्यों ने नई प्रणाली शुरु करने के लिए अध्यक्ष की प्रशंसा की

कीमतों में यह कटौती अंतरराष्ट्रीय मूल्य घटने के कारण हई है

इससे ग्राहकों को छोटा ऋण मिल सकेगा विभाग ने कहा है कि एक सौ दिनों के भीतर डाक विभाग एक करोड खाता खोलने का भी प्रयास करेगा एक बयान में डाक विभाग ने कहा कि प्रधानमंत्री के नए भारत की पहल के मद्देनजर श्रीनगर में आयोजित मंडल प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन में पांच वर्ष के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए यह निर्णय लिया गया

बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की जायेगी और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कर्ज में वृद्वि के उपायों पर चर्चा की जायेगी बैठक में ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता मामलों के समाधान की प्रगति की भी समीक्षा की जायेगी राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने आज आकाशवाणी जयपुर पर लाइव साक्षात्कार कार्यक्रम में प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुददों पर बातचीत करते हुए कहा कि यदि सभी लोग यातायात नियमों की पालना करते हैं तो यातायात पुलिस का काम आसान हो जाता है उन्होंने कहा कि बच्चों को यातयात के नियमों के बारे में जानकारी होती है तो अपने से बडों को भी यातायात के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं नियमों के लिए अनुशासित ही रहना चाहिए उन्होंने प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा कि राजस्थान शांतिप्रिय राज्य के रुप मे जाना जाता है इसमें जनता का सहयोग हमेशा से मिलता रहा है और आशा है आगे भी मिलता रहेगा उन्होंने कहा कि पुलिस इसमें हमेशा जनता के साथ रहेगी